मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश सरकार ने राज्य से संगठित अपराध को खत्म कर निवेश और कारोबार के लिए बेहतर वातावरण सृजित किया राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने लोगों से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की अपील की राज्य सरकार ने एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली और मुख्यमंत्री सहायता कक्ष सीएम हेल्य लाइन के लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के दिये निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किये गये मंत्रिमण्डल ने नागरिकता संशोधन विवेयक को मंजूरी दी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस विधेयक में देश हित को सर्वोपरि रखा गया है इसे जल्दी संसद में पेश किया जाएगा इस विघेयक में अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंद सिख बौद्व जैन पारसी और इसाई धर्मों के लोगों को नागरिकता हासिल करने के लिए ग्यारह साल की अवधि को कम करके छह साल किया जाएगा मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को भी मंजूरी दी हमारे तीन संस्कृत डीम्ड युनिवर्सिटी थे वो तीन संस्कृत डीम्ड युनिवर्सिटी का एक सेन्ट्रल युनिवर्सिटी संस्कृत की हो रही है तो संस्कृत की पहली दफा सेन्ट्रल युनिवर्सिटी हो रहा है केन्ट्रीय विश्वविद्यालय हो रहा है और इसलिए ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण पहल है श्री जावडेकर ने बताया कि अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक कल्याण और देखभाल संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को भी स्वीकृति दी गई मंत्रिमण्डल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने वाली व्यवस्था को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है भारत बॉण्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कोष को भी स्वीकृति दी गई है इसके जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों को अतिरिक्त धन मुहैया कराया जा सकेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश से संगठित अपराध को खत्म कर के निवेश और कारोबार के लिए बेहतर वातावरण का सुजन किया है श्री योगी ने कहा कि राज्य की बुनियादी संरचना में भी तेज गति से सुधार किया गया है जिससे आज प्रदेश के प्रति लोगों के नजरिये में बदलाव आया है

उन्होंने कहा कि पूर्वाचल एक्सप्रेस वे को गोरखपुर से जोड़ा जा रहा है जिससे यहां के यात्रियों का लखनऊ तक का सफर आसान हो जाएगा गोरखपुर में बंद पड़े खाद कारखाने को फिर से चालू किया जा रहा है और इसमें अगले वर्ष तक यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि गोरखपूर की पिपराइच और बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल को फिर से शुरू किया गया है जिससे हजारों किसानों को फायदा मिला है गाजियाबाद के निकट जेवर में एशिया का सबसे बढ़ा एयरपोर्ट बन रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अयोध्या समेत ग्यारह जिलों में हवाई अड्डा बनाने का कार्य जारी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संभावनाएं तो थीं लेकिन सोच की कमी थी अब सोच अच्छी है तो सब मुमकिन हो रहा है मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जीएसटी भरने की व्यवस्था को और सरल बनाने पर तेज गति से कार्य कर रही है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमियों की समस्याओं को हल करने के लिए कृतसंकल्प है उन्होंने युवाओं से स्वावलंबी बनने की अपील करते हुए कहा कि स्वावलंबन के द्वारा आप औरों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार दे सकते हैं उन्होंने इसके लिए युवाओं से शासन की तमाम योजनाओं का लाभ उठाने को भी कहा वहीं गोरखपुर में एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित महंत अवेद्यनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कालेज शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें अनुशासन को जीवन का आधार बनाने को कहा श्री योगी ने कहा कि अनुशासन लक्ष्य को प्राप्त करने का हौसला देता है अनुशासन ही सुदृढ़ नींव के निर्माण में मदद करता है मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भरता है नदी और समुद्र बनता है उसी प्रकार जीवन के हर क्षण की घटना हमको प्रेरणा देती है उन्होंने विद्यार्थियों से च्नौतियों को अवसर में बदलने की कला सीखने को कहा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने लोगों से गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि लोग अपने व्यस्त जीवन से कृष्ठ समय निकाल कर गरीब और निराश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें ताकि समृद्व भारत का निर्माण हो सके राज्यपाल कल भदोही के गोपीगंज थाना अन्तर्गत कठौता गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि ऐसे माता पिता धन्य है जो अपने बच्चों को देश की सीमाओं की रक्षा करने की प्रेरणा और संस्कार देते हैं

राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि फिलहाल कानून में भीड़ हिंसा की कोई परिभाषा नहीं है और भारतीय दंड संहिता की धारा तीन सौ दो के तहत इन मामलों में कार्रवाई की जाती रही है केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने भीड़ हिंसा पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्रियों राज्यपालों और प्रशासनिक अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं उन्होंने कहा कि सुझावों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी और संबंधित कानून में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी राज्य सरकार ने एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली आईजीआरएस और मुख्यमंत्री सहायता कक्ष सीएम हेल्प लाइन के लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं जिससे लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में लोक भवन स्थित कमांड सेन्टर में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि आईजीआरएस और सीएम हेल्य लाइन के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाये उन्होंने कहा कि लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिये सिर्फ पत्र व्यवहार न किया जाये बल्कि संबंधित अधिकारियों से दूरमाष पर वार्ता कर के उनका जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जाये अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के रेलवे स्टेशनों में रेलवे पुलिस थाने बनाने के संबंध में भी विचार विमर्श किया उन्होंने राज्य में डीएनए लैब स्थापित करने की प्रगति की स्थिति भी जानी तथा इसको और तेज करने के निर्देश दिये प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और बरेली जिले के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सपा बसपा और कांग्रेस को प्रदेश के पिछड़ेपन के लिये जिम्मेदार बताया है उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने आपसी मिलीमगत करके प्रदेश को सालों साल लूटने का कार्य किया श्री शर्मा कल बरेली जनपद में समीक्षा बैठक के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो जर्जर व्यवस्था विरासत में मिली उसके पीछे पन्द्रह साल का कुशासन था श्री शर्मा ने कहा कि लोगों ने लम्बे समय तक राम मंदिर के नाम पर राजनीति की और हिन्द्र मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया उन्होंने कहा कि अयोध्या में पर्यटन के लिये लाखों श्रद्वालु पहुंचते हैं और सरकार इस दिशा में काम कर रही है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी नियमों में बदलाव करते हुए पूरी प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया है एक सेवा क्षेत्र में मोबाइल नंबर को दूसरे सेवा प्रदाता तक पोर्ट करने के लिए तीन दिन की समय सीमा तय की गई है जबकि एक सर्किल से दूसरे सर्किल में जाने के लिए पांच दिन की समय सीमा रखी गई है नए नियम सोलह दिसंबर से प्रभावी होंगे यह नियम जम्मू कश्मीर असम और पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी सर्किल के लिए लागू होगा जहां यूपीसी की वैघता तीस दिन की है मौजूदा नियम के तहत मोबाइल नंबर पोर्टविलिटी अनुरोध नौ दिसंबर तक निपटाए जाएगे दस से पन्द्रह दिसंबर तक यह सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी क्योंकि इस दौरान कंपनियां नए नियम लागू करने के लिए अपनी प्रणालियों में बदलाव करेंगी क्शीनगर जिले में खेतों में फसलों के अवशेष यानी पराली जलाने पर उन्नीस किसानों के विरूद्व मुकदमा दर्ज किया गया है पडरौना तहसील के बतरौली बड़गांव इंद्रसेनवा परसादपुर नौतन हर्दो और बरवा कला गांवों के किसानों के विरूद्व जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है